राज्य में सात महीने के बाद आठ अक्टूबर से धार्मिक स्थल पूजा अर्चना के लिए खुल जाएंगे अब लोगों को मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान सुनाई देगी

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाईन जारी की है इसके तहत दूर्गा पूजा के पंडाल परंपरागत रूप से बनाए जाएंगे लेकिन पंडाल छोटे होंगे मूर्तियों की लम्बाई भी चार फीट से अधिक नहीं होगी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक रहेगी पंडाल में किसी तरह की डेकोरेशन और लाइटिंग की अनुमति नहीं होगी गाइडलाईन के अनुसार पंडाल में पूजा के दौरान पूजारी और आयोजकों सहित सात से अधिक लोग नहीं होने चाहिए भोग प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा पंडाल का उदघाटन और दांडया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी रावण दहन कार्यक्रम पर भी रोक लगाई गयी है वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल अभी बन्द ही रहेंगे अंतर्राज्यीय बस सेवाए भी अभी शुरू नहीं होंगी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

नए संक्रमितों की पहचान होने की अपेक्षा अधिक संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला गुरूवार को भी जारी रहा

इनमें रांची में तीन तथा देवघर रामगढ़ बोकारो पूर्वी सिंहभूम हजारीबाग गोड़डा में एक एक मरीज शामिल हैं देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचासी हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बावन लाख तिहतर हजार से अधिक हो गई है लगातार स्वस्थ होने की बढ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है उधर छियासी हजार आठ सौ इक्कीस नये मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या तिरसठ लाख से अधिक हो गई है वर्तमान में नौ लाख चालीस हजार लोगों का इलाज चल रहा है केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति टेस्ट ट्रैक और ट्रीट से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय मृत्यु दर एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार एक सौ संतानबे लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढकर अंठानबे हजार छह सौ अठहत्तर हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से पांच ग्रणा अधिक जांच की जा रही है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

तत्कालीन नगर विकास मंत्री सरयू राय ने इस संबंध में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात एसीबी से जांच कराने की अनुमति दी है सरयू राय ने पिछले वर्ष इकर्तीस जुलाई को एसीबी में आवेदन देकर अठारह बिन्दुओं पर जांच की मांग की थी

इस अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई है महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राज्य में भी गांधी जयंती पर कई ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केटप्लेस का शुभारंभ करेंगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने की इस पहल के तहत देशभर में आदिवासियों के उद्यमों उनके उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा इससे उन्हें अपने उत्पादों को सीधे बाजार में लाने में सहायता मिलेगी पलामू जिले में तैनात सीआरपीएफ के जवानों व अधिकारियों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन कैम्पन में शामिल हुए

नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो रक्षामंत्री ने सभी किसान संगठनों से अपील की कि वे उनकी समस्याओं पर सरकार के साथ बातचीत करें श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसान संगठनों के साथ पहले ही बातचीत शुरू करके उनके भ्रम और आशंकाएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में खोला जाएगा

आठ अक्टूबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल और दर्गा पूजा पंडालों में सात लोग ही रह सकेंगे इस शीर्षक को प्रभात खबर ने अपनी पहली खबर बनाया है राहुल और प्रियंका के हाथरस कूच पर संग्राम शीर्षक से हाथरस कांड से संबंधित खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है सिवरेज ड्रेनेज के लिए मैनहर्ट को परामर्शी बनाने के घोटाले की अब एसीबी करेगा जांच खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी लीड खबर बनाया है दैनिक जागरण ने हाथरस कांड को लेकर तीनों ही चरणों की फॉरेंसिक जांच में नहीं मिले दुष्कर्म के साक्ष्य खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसन्त सोरेन दुमका से बेरमो सीट से कांग्रेस लड़ेगी चुनाव खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिन्दुस्तान टाईम्स ने यमुना एक्सप्रेस वे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोके जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है